हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की एकता एवं अखंडता सर्वोपरि है

हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई दी

इसके बाद उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई प्रधानमंत्री ग्जरात प्लिस और केन्द्रीय सशस्त्र बल के कर्मियों की राष्ट्रीय एकता परेड में शामिल ह्ये उसके बाद श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी प्रदर्शन स्थल का दौरा किया और केवडिया में सिविल सेवा प्रशिक्ष्न्ओं से भी बातचीत की

श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता आयेगी और यहां के लोगों के साथ हो रहा भेदभाव समाप्त होगा राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ग़हमंत्री अमित शाह दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल एवं शहरी व आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह प्री ने राष्ट्रीय राजधानी में पटेल चौक पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर प्ष्प अर्पित कर श्रद्वाजंलि दी उपराष्ट्रपति ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जंयंती पर उन्हें श्रद्वाजिल अर्पित की श्री नायडू ने कहा कि सरदार पटेल एक द्रदर्शी नेता और राजनीतिक प्रशासक थे गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यान चंद नैशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया श्री शाह ने दौड़ में भाग लेने वाले लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई इस अवसर पर ग़हमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने हमेशा देश की एकता के लिए कार्य किये

हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश की एकता व अखंडता हमारे लिये सर्वोपरि है

उन्होंने कहा कि आज पूरा देश सरदार पटेल का नमन कर रहा है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रन फॉर य्निटी में शामिल य्वाओं प्लिस की ट्कडियों आईटीबीपी के जवानों और स्कूल के विद्यार्थियों का एकता व अखंडता की शपथ दिलाई इस दौरान आयोजित दौड़ में म्ख्यमंत्री ने ख्द भी हिस्सा लिया उधर ग्रूग्राम में आयोजित रन फॉर य्निटी कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शमिल हये इस मौके पर उन्होंने उपस्थित य्वाओं को सरदार पटेल की नीतियों पर चलकर एकता की शपथ ग्रहण करने का आहवान किया इसी तरह हरियाणा सचिवालय में मुख्य सचिव आरूषी ग्लाटी की अध्यक्षता मे एकता और अखंडता का शपथ ली गई और सरदार पटेल के देश हित मे किए गये अद्वितीय कार्यो के प्रति उन्हें याद किया गया पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर विभिन्न स्थानों पर रन फॉर य्निटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आम जनता छात्रों अधिकारियों एंव कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया उन्होने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए काम करने की शपथ भी ली चंडीगढ़ में समारोह का आयोजन स्खना झील पर किया गया इस अवसर पर चंडीगढ़ के प्रशासक व पंजाब के राज्यपाल श्री वी पी सिंह बदनौर और चंडीगढ़ प्लिस महानिदेशक संजय बेनीवाल एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हये

पंचक्ला के शहीद सिपाही पृथ्वी सिह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रतेवाली ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई इस मौके पर विदयालय प्रबंधन की ओर से बच्चों में लेखन प्रतियोगिता करवाई गई जिसमे विजेता विद्यार्थियों को प्रस्कार देकर सम्मानित किया गया आज प्रसार भारती द्वारा चंडीगढ़ में द्रदर्शन के प्रांगण में राष्ट्रीय सर्तकता सप्ताह के उपलक्ष्य में हमारी एक जीवन शैली के थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में आकाशवाणी और दुरदर्शन् के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया इस मौके पर कार्यक्रम में विशेष तौर पर दिल्ली से शिरकत करने पहंचे म्ख्य सर्तकता अधिकारी हर्षदीप श्रीवास्तव ने अपने सम्बोधन मे कहा कि सभी की सर्तकता से ही भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है उन्होंने राष्ट्रीय सर्तकता सप्ताह के महत्व के बारे भी बताया

इससे पहले कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये श्री बेनीवाल ने लोगों को जहां भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रेरित किया वहीं उन्होंने मौके पर सरदार पटेल को भी याद किया

एक टिवीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंदिरा गाधी को उनकी प्ण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्वाजंलि दी रोहतक में आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया इस अवसर पर कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने इंदिरा गांधी व सरदार पटेल को श्रद्वास्मन अर्पित किये

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण संरक्षण विभाग दवारा विभिन्न श्रेणियों के लिए दवितीय राष्ट्रीय जल प्रस्कार के तहत जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रेष्ठ राज्यों जिलों ग्राम पंचायतों नगरिनगमों नगर निकायो स्कूलो टी वी शो और श्रेष्ठ समाचार पत्रों को सम्मानित किया जायेगा

ये प्रस्कार दिल्ली में एक समारोह के दौरान दिये जायेंगे सिरसा में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबधन के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय जल प्रस्कार श्रू किये गये है

हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा दिवस के पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों का श्भकामनायें और बधाई दी है उन्होंने कहा कि हरियाणा सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और प्रदेश में सुमुदवि आये हरियाणा विभिन्न क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान पर है